इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों और युवाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गो के कल्याण के लिये काम कर रही है जबकि भाजपा नागरिकता जैसे कानूनों के जरिये समाज को बांटने में जुटी है भाजपा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज से दस दिन का व्यापक जनसम्पर्क अभियान शुरू हो गया भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गाजियाबाद में जनसम्पर्क अभियान में भाग लिया अभियान के दौरान पार्टी ने तीन करोड़ परिवारों से सम्पर्क का लक्ष्य रखा है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुरैना में जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल में घर घर जन जागरण हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सागर जिले के गढ़ाकोटा में जनसंपर्क अभियान में भाग लिया

परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी पीईबी के वेबसाइट पर कल अपलोड की जाएगी

विजयवर्गीय एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के सासंद शंकर ललवानी सहित लगभग तीन सौ पचास भाजपा नेताओं के खिलाफ इंदौर के संयुक्तागंज थाने में निषेधाज्ञा के उल्लघंन के सिलसिले में प्रकरण दर्ज किया गया है पुलिस के अनुसार विधायक रमेश मेंदोला और महेन्द्र हार्डिया भाजपा नगर अध्यक्ष गोपीकृष्ण के विरूध भी एफआईआर की गयी है

साथ ही नेतृत्व करने वालों ने लोकसेवकों के साथ दुव्यर्वहार किया था बैगा ओलंपिक बालाघाट जिले के बैहर में कल से बैगा ओलंपिक खेल शुरू हुए

विधान सभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने शुभारंभ कार्यक्रम में बताया कि जंगल में रहने वाले बैगा आदिवासियों को जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने का यह छोटा सा प्रयास है

इसके लिए बिलावली तालाब को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेष में हाकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ का निर्माण किया जाएगा श्री पटवारी ने कहा कि इंदौर में खेल संकल और तैराकी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है